वहीं तीन किलोमीटर के सफर के लिये अब न्यूनतम किराया छह रुपये होगा

खेल परस्कार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान करेंगे भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली और विश्व चैंपियन भारत्तोलक मीरा बाई चानू को देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया जाएगा कुल्लू जिले की मोहल गांव की लैफ्टिनेंट कमांडर प्रतिभा जम्वाल को आईएनएसवी तारिणी के महिला दल के साथ समुद्र के रास्ते पूरे विश्व की परिक्रमा करने पर तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा

बैठक में निदेशक मण्डल ने निगम के कर्मचारियों को चार प्रतिशत की अंतरिम राहत प्रदान करने का निर्णय लिया गया

श्री मोदी ने एक टवीट में लोगों से नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम साफ बना हुआ है प्रदेश के जनजातीय जिलों में पिछले तीन दिन तक हुए हिमपात व अन्य जिलों में हुई भारी वर्षा के चलते अस्त व्यस्त हुए जीवन को पटरी पर लाने के लिये प्रशासन के प्रयास जारी हैं विभिन्न जिलों में बंद हुए रास्तों को खोलने का प्रयास किया जा रहा है कुल्लू से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार पतली कुहल से आगे मनाली जाने के सभी रास्ते बाधित हो गए हैं वहीं मणिकर्ण घाटी के पीणी व टिक्कर गांव के बीच में मलवे की चपेट में आने से एक महिला की मृत्यु हो गई है जबकि उसके पति को कुल्लू अस्पताल में दाखिल कराया गया है मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के मध्यम व अधिक ऊंचाई वाले कुछ भागों में वर्षा व हिमपात की संभावना जताई है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर प्रदेश में भारी वर्षा से हुए नुकसान और मंत्रिमण्डल के निर्णय से जुड़ी खबर को अधिकांश समाचापत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है

दैनिक जागरण के शब्द हैं बेरहम बारिश सात की मौत दस बहे

आपका फैसला का शीर्षक है कुल्लू में युवती सहित तीन लोग बहे पंजाब केसरी के मुताबिक आज भी भारी बारिश रेड अलर्ट प्रदेश मंत्रिमण्डल के निर्णय से जुड़ी खबर पर अमर उजाला की सुर्खी है हिमाचल में अब दोगुणा हुआ न्यूनतम बस किराया तीन के बजाये छह रुपये लगेंगे

पंजाब केसरी लिखता है हिमाचल में सफर महंगा सरकार बोली पांच साल के बाद हुई किराये में बढ़ोतरी दैनिक जागरण के मुताबिक हिमाचल में महंगा हुआ बस का सफर

मुम्बई कोलकाता में एचपीएमसी की जमीन बेचेगी सरकार इसी अखबार की एक अन्य खबर है

अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर देनिक जागरण ने अपने सम्पादकीय आपदा में सुस्ती में लिखा है कि प्रदेश में हुई भारी बरसात से जिस तरह जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ उसने आपदा प्रबंधन के दावों की पोल खोल दी है दिव्य हिमाचल ने अपने सम्पादकीय में प्रदेश में हो रही शहरीकरण व लोगों द्वारा भौतिक फायदे के लिये प्रकृति से की जा रही छेड़छाड़ से हो रहे नुकसान पर चिंता जताई है शीर्षक है इन्सानी नखरों पर बिफरी प्रकृति